कहा केन्द्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नाइक ने

इस आयोजन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहल गांधी सहित देश के प्रमुख राजनेताओं और औद्योगिक जगत की प्रमुख हस्तियां भी शिरकत करेंगी

राज्य में कांग्रेस की पन्द्रह वर्षो के बाद सत्ता में वापसी हुई है

वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे श्री बघेल राज्य के तीसरे और कांग्रेस के दूसरे मुख्यमंत्री होंगे इससे पहले पार्टी के केन्द्रीय पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्य के प्रभारी पी एल पूनिया की मौजूदगी में नवनिर्वाचित विधायकों की प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुई बैठक में श्री बघेल को विधायक दल का नेता चुना गया

नेच्रोपैथी नेचुरोपैथी को बढावा देने के लिए निजी और सार्वजनिक भागीदारी से कल्याण केन्द्र खोले जायेंगे

श्री नाइक ने निशुल्क नैचरोपैथी शिविर का भी उद्घाटन किया जहां सिरदर्द साईनस माईग्रेन सर्दी जुकाम अस्थमा जैसी बीमारियों की सटीक प्राकृतिक चिकित्सा की जा रही है

स्वस्थ भारत यात्रा के माध्यम से आम नागरिकों को स्वस्थ्य एवं पोषक तत्वों से परिपूर्ण खाद्य पदार्थ अपने भोजन में लेने के प्रति जागरूक किया जाएगा यात्रा में उपभोक्ताओं को मिलावट के प्रति जागरूक करने आमजन को खाद्य सुरक्षा और मानक गतिविधियों विनियमों के प्रावधानों की जानकारी भी दी जाएगी सांची में तीन दिवसीय कार्यक्रम निर्धारित किया गया है

इस लड़ाई में भारत की जीत और पाकिस्तान की करारी हार का परिणाम नये देश बंगलादेश के जन्म के रूप में सामने आया था फील्ड मार्शल मानेकशॉ के नेतृत्व में भारत के रणबांकुरों ने दुश्मन को कड़ी शिकस्त दी थी इस दौरान कई बहादुर वीर शहीद हुए

ग्वालियर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि विजय दिवस के मौके पर सीमा सुरक्षा बल की टेकनपुर अकादमी में खुलामंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया है इसमें युद्ध के दौरान शहीद हुए अमरवीरों को याद किया दस्तक अभियान बाल मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से आगर मालवा जिले में कल से दस्तक अभियान चलाया जायेगा

कटनी जिले में कल एक सड़क दूर्घटना में पांच व्यक्तियों की मृत्यु हो गई दुर्घटना में एक कार और लॉरी की आमने सामने की टक्कर में दो महिलाओं और एक बच्चे सहित पांच लोगों की मौके पर ही जान चली गई कटनी जबलपुर मार्ग पर हुई इस दुर्घटना में ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है वहीं देवास जिले के बागली थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोखा पीपल्या गांव एक बस के अनियंत्रित होकर पलट जाने से उसमें सवार तीन दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गये इनमें से गंभीर रूप से घायल चार लोगों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है अनूपपुर मे कल देर रात हुए एक अन्य हादसे में एक बस और मोटर साइकिल की टक्कर में दो मोटर साइकिल सवारों की मौत हो गई बैडमिण्टन भोपाल के लाल परेड मैदान के जिम्नेजियम हॉल में आज से सात दिवसीय ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू हई

प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ऋषि कुमार शुक्ला ने किया इस अवसर पर श्री शुक्ला ने कहा कि इस ट्र्नामेंट की साल दर साल प्रगति को देखते हुए यह टूर्नामेण्ट भविष्य में राष्ट्रीय स्तर तक जा सकता है इस अवसर पर क्लब के संरक्षक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पवन जैन ने कहा कि खेलों में भारत देश तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और गर्व की बात है कि खेलों में बच्चियों और महिलाओं का प्रतिशत बढ़ा है सिंधू बैडमिंटन ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता भारत की पीवी सिंधू ने बैडमिंटन ट्र्नामेंट वर्ल्ड ट्रर फाइनल्स में आज खिताब जीतकर नया इतिहास रच दिया सिंधू यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गयी हैं

मौसम दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर बना चक्रवाती तूफ़ान और पहाड़ों से आ रही बफीर्ली हवाओं के चलते प्रदेश में ठंड बढ़ गई है

ठंड के मद्देनजर इंदौर और उज्जैन जिला प्रशासन ने स्कूलों के समय में परिवर्तन किया है

अभी मौसम के रुख में फिलहाल कम से कम दो दिनों तक विशेष बदलाव के आसार नही है दतिया भिंड मुरैना टीकमगढ़ और छतरपुर जिले में घना कोहरा छा सकता है रीवा छतरपुर सागर और ग्वालियर जिले में शीतलहर चलने की संभावना है

शहडोल जिले में रेत का अवैध परिवहन करने वाले पांच वाहनों को जब्त किया गया है